इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे श्री मोदी ने एक टवीट में पंडित उपाध्याय को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि उनके आदर्श गरीबों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं

पंडित उपाध्याय की जयंती पर मुख्य समारोह जयंपुर के पास धानक्या स्टेशन पर होगा इसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे समिति के अध्यक्ष प्रो मोहन लाल छीपा ने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इन आवेदनों में से साढ़े पांच लाख से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं करीब दो लाख आवेदकों को ऋण वितरित कर दिए गए मंत्रालय लॉकडाउन के बाद कारोबार फिर शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना चला रहा है

कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्री ने उर्जा मंत्री बीडी कल्ला उर्जा विभाग के शासन सचिव और बिजली वितरण कपनियों के सीएमडी अजिताभ शर्मा सहित तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक की उन्होंने इन कनेक्शनों को पूरा करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के साथ नए आवेदन प्राप्त करने और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कृषि विद्यत उपभोक्ता अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार को स्वयं की घोषणा अनुसार बिना अतिरिक्त राशि जमा करवा कर बढ़ा सकेंगे

देश में रोजाना कोविड के नए रोगियों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है

वर्तमान में जयपुर शहर के सभी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में बढती हुई आवश्यकता के मद्देनजर अधिक ऑक्सीजन गैस सिलेण्डरों की आवश्यकता महसूस की जा रही है

इस मौके पर टीम ने सहयोग करने के लिए लोगों का आभार जताया

प्रदर्शनकारियों ने कल पुलिस पर पथराव किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया

प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया कल देर रात को आईजी विनीता ठाकुर नेशनल हाईवे पहुंची और घटना का जायजा लिया घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है आज दुबारा छात्रों से समझाइश की जाएगी

मौसम विभाग के निदेशक आरएस शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग में कल आसमान में आंशिक बादल छाये रहने और श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में एक दो स्थानों पर ब्रूंदाबांदी हो सकती है पूर्वी राजस्थान के उदयपुर संभाग के जिलों में आगामी तीन चार दिन हल्की बारिश की संभावना है तथा शेष सभी संभागों में मौसम सामान्यतया शुष्क रहने के आसार हैं